कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

श्री मोदी ने कहा कि देश मानव केन्द्रित पहंच पर चल रहा है और इसे विश्व के भले के लिए अपनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये पहंच स्वस्थ और संतुलित विकास व लोगो की बेहतरी के लिए है

उन्होंने कहा कि इस समय विश्व को कोविड वैक्सीन की जरूरत है और भारत पूरे विश्व में इसे भेजने को लेकर गर्व महसूस करता है उन्होंने कहा कि योग और आय्र्वेद द्निया को स्वसथ बनाने में काफी योगदान दे सकता है केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि केन्द्र सरकार सफल निजी उद्योगों को लघ् सूक्ष्म और मध्यम स्तर के औद्योगिक इकाड्रयों के विकास और शोध में शामिल करेगी

पत्रकारों दवारा इलैक्ट्रिक वाहनों पर किये एक सवाल पर श्री गडकरी ने कहा कि इलैकट्रिक वाहन भविष्य में बिक्री की सामर्थ्य रखते है उन्होंने कहा कि आज डीज़ल और पेट्रोल के अलावा ईंधन के अन्य विकल्पों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है चालक के बिना चलने वाली कारों पर मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय इन कारों के इस्तेमाल का प्रोत्साहित करने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योकि इसे कई चालक बेरोज़गार हो जायेंगे

श्री गडकरी ने कहा कि चीनी उद्योग को चीनी की जगह एंथनौल के उत्पादन की तरफ ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि इस उद्योगा में दो लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है फास्टैग के बारे में पूछे जाने पर श्री गड़करी ने कहा कि टोल प्लाज़ा पर आवाजाई को स्चारू बनाने के लिए फास्टैग से बेहतर कोई विकल्प नहीं है

आरोपियों में चार सेवानिवृत आड्रएएस अधिकारी भी शामिल है

भ्रष्ट्राचार निवारण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि भू खंड के आंवटन के लिए निर्धारित मूल्य को सर्कल दर से चार से पांच ग्णा कम और बाज़ार दर से सात से आठ ग्णा कम रखा गया

आवास व शहरी मामलों के सचिव दर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि एक च्नौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से यह सर्वेक्षण शहरों में पानी के समान वितरण उपशिष्ट जल के प्न उपयोग और जल संसाधनों और उनमें पानी की उपलब्धता का पता लगाने के लिए किया जायेगा

हरियाणा के विभिन्न जिलो से इस मौके पर कई कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिले है अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिला में अनके स्थानों पर हवन यज्ञ के साथ सरस्वती पूजन किया गया इस अवसर पर भंडारे भी लगाये गये बच्चों ने पंतग उड़ाकर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया अम्बाला छावनी में सांस्कृति गरिमा मंच द्वारा बंसत पंचमी पर्व को मुस्ददी लाल के आर्य स्कूल के प्रांगण में गुरू अभिनंदन के रूप में मनाया गया इसी प्रकार अम्बाला छावनी के गांधी मार्केट में गांधी सभा दवारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया फरीदाबाद मे पूर्वाचल जाग्रति मंच दवारा आयोजित सरस्वती पूजा में हरियाणा के मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने शिरकित की वहीं फरीदाबाद डब्आ कालोनी स्थित सोनी पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई छात्रों तथा अध्यापकों ने मां सरस्वती की अराधना की इसी तरह बीजेपी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती अनीत शर्मा ने सरस्वती पार्क महिलाओं के साथ सरस्वती पूजन में भाग लिया जिला यमुनानगर में भी बसंत पंचमी पर ग्रू नानक खालसा कालेज में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने आदि बद्री में जाकर सरस्वती पूजा की की वहीं जगाधरी के टाउन पार्क में वीर हकीकत राय की प्रतिमा पर प्ष्प अर्पित कर उनका बलिदान दिवस मनाया इस मौके पर भंडारा भी आयोजित किया गया

विभिन्न संगठनों से जूड़े किसान नेताओं ने साहकारों के च्ंगत से किसानों व मज़दूरों को बचाने वाले उनकी सोच का सराहा सर छोट् राम का संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में ऊंचा उठने का अधिकार है फरीदाबाद पुलिस की अपराधा शाखा ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उससे एक किलो तीन सौ गाम गांजा बरामद किया है प्लिस प्रवक्ता श्री आदर्शदीप सिंह ने बताया कि उसे थानाखेड़ी पुल के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि यह गांजा उसने केएमपी पल्वल पूल के पास एक कैंटर चालक से फरीदाबाद में बेचने के लिए खरीदा था आरोपी की पहचान फरीदाबाद में अजरोंदा निवासी संदीप के तौर पर हुई है

इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हई एक बैठक में इस सम्बंध में व्यापक चर्चा के बाद पांच लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यो के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है